मास्क पहने दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें पीएम मोदी संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया लेकिन कोरोना वायरस नहीं गया है उन्होंने कहा कि यह समय लापरवाह होने का नहीं है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज शाम छह बजे देश को संबोधित करते हए यह बात कही उन्होंने कहा कि जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देना है

नामांकन पत्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए अगले महीने रिक्त होने वाली सीट के लिए आज से नामांकन पत्र जमा करने का काम श्रू हो गया है

चम्पावत जिले के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचीं राज्यपाल ने जिले में स्थापित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की महिलाओं से मुलाकात की और उनके उत्पादों की सराहना की उन्होंने कहा कि इन महिलाओं को अगर ज्यादा सहयोग मिले तो वो और मजबूत होंगी

राज्यपाल ने कहा कि बालेश्वर मंदिर में प्राचीनतम कलाकृतियां हैं जिन्हें मंदिर में एक संग्रहालय बनाकर पूरी जानकारी के साथ रखने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि चम्पावत जिला नैसर्गिक रूप से बेहद खूबसूरत है यहां पर अगर ध्यान केंद्र स्थापित किया जाय तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा ट्रेनें शुरू रेलवे विभाग ने काठगोदाम से ट्रेनों का संचालन श्रू कर दिया है

काठगोदाम से देहरादून के लिए नैनी दून एक्सप्रेस का संचालन भी श्रू हो गया है यह ट्रेन सोमवार और ग्रुवार को छोड़कर सप्ताह में पांच दिन चलेगी नवरात्र का तोहफा म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नवरात्र पर राज्य महिला आयोग में तीन महिलाओं को दायित्व के साथ ही राज्य मंत्री का दर्जा दिया है तीन तलाक के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने वाली काशीप्र की महिला सायरा बानों को महिला आयोग में उपाध्यक्ष प्रथम रानीखेत की ज्योति शाह को उपाध्यक्ष द्वितीय और चमोली की प्ष्पा पासवान को उपाध्यक्ष तृतीय बनाया गया है सायरा बानों ने हाल ही में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी